राज्य के नये मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में दोपहर तीन बजे होने की संभावना है इसको ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं हालांकि मंत्रियों के नामों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ आज फिर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं कांग्रेस सूत्रों के अनुसार श्री कमलनाथ के अलावा वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली में हैं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और ये नेता आज भी वरिष्ठ पार्टी नेताओं से विचार विमर्श करेंगे

इस दौरान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी सुचना का अधिकार सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर लोक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे कल सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेशभर में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई जायेगी कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर ने तीस दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये हैं यूरिया प्रदेश में रबी मौसम में किसानों को यूरिया खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है यूरिया के रेक्स निर्घारित स्थानों पर निरंतर पहुँच रहे हैं

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के मैदानी अमले और सहकारी संस्थाओं को यूरिया का वितरण किसानों को सुगमता से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं यूरिया की निरंतर आपूर्ति के संबंध में पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमल नाथ ने केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से बात की थी प्रदेश के रैक पाइंट मण्डीदीप में दो हजार सात सौ मीट्रिक टन यूरिया पहुँचा है इसका वितरण रायसेन भोपाल और सीहोर जिले में किया जा रहा है खण्डवा रैक पर पहुँचे एक हजार नौ सौ इक्यावन मीट्रिक टन यूरिया का वितरण खण्डवा बुरहानपुर और बड़वानी जिले के किसानों को किया जा रहा है

मांडव उत्सव धार जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माण्डव का सालाना उत्सव कल से शुरू होगा छह दिवसीय माण्डव उत्सव के दौरान नृत्य गायन वादन के अलावा साहसिक गतिविधियां भी आयोजित की जायेंगी कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यकम होंगे

यह मिसाइल स्वदेश निर्मित है और इसकी मारक क्षमता चार हजार किलोमीटर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अनुसार लक्ष्य पर भेजने के दौरान मिसाइल अपनी गड़बड़ियों को स्वयं ठीक करने में सक्षम है मौसम प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है आज सुबह पचमढ़ी और खजुराहो प्रदेश के सबसे ठण्डे स्थान रहे दोनो ही स्थानों पर न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया नरसिंहपुर मलाजखण्ड श्योप्रकला सिवनी रीवा उमरिया मण्डला बैतूल और दतिया में शीतलहर का प्रभाव रहा इंदौर और चम्बल संभाग में सामान्य तथा भोपाल और ग्वालियर संभागों में सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया आगामी चौबीस घण्टों के दौरान रीवा शहडोल ग्वालियर और चंबल संभागों तथा छतरपुर मण्डला पन्ना जबलपुर बैतूल सिवनी रतलाम टीकमगढ़ होशंगाबाद नीमच शाजापुर उज्जैन और छिंदवाड़ा जिलों में शीतलहर चलने का अनुमान है

जिसमें चौदह बच्चों को कटे तालु और होंठ की सर्जरी के लिए चिन्हित किया गया

इसके तहत नौ महीने से पंद्रह वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जायेगा शिवपुरी के कूनो पालपुर सेन्वुरी को नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा सकता है

केन्द्र सरकार की एक कमेटी जल्द ही सेन्वुरी का दौरा करेगी